राज्यसभा में आज अपनी ओर से बयान देते हुए उन्होंने बताया कि यह सभी लोग लगभग तीन वर्ष पहले मोसूल में लापता हो गये थे और खुंखार आतंकी गूट इस्लामिक स्टेट ने इनकी हत्या की है सुषमा स्वराज ने कहा कि विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह इनके शव स्वदेश लाने इराक जायेंगे

उन्होंने कहा कि मारे गए चार नागरिकों में तीन कांगड़ा और एक मंडी जिले संबंधित हैं जयराम ठाक्र ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है

अनुराग ठाक्र ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए राज्य सरकार से मृतकों के परिवारों को उचित आर्थिक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है

न्यायालय ने कहा है कि ये श्रमिक आधारभूत सुविधाएं ही तैयार नहीं करते राष्ट्र का निर्माण भी करते हैं

इस दिशा में हई प्रगति की जानकारी लेने के लिये मामले की अगली सुनवाई पहली मई को होगी महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में कोन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से भेंट की

महेन्द्र सिंह ठाक्र ने कहा कि विविध किस्मों की फूलों की पैदावार के लिए अनुकूल कृषि जलवायू के चलते प्रदेश तेजी से पूष्प राज्य के रूप में उभर रहा है इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में चलाई जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी भो दी राधामोहन सिंह ने महेन्द्र सिंह ठाक्र को हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया मारकण्डा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकण्डा ने लाहौल स्पिति जिले के दौरे के दूसरे दिन आज केलंग में अधिकारियों के साथ बैठक की

रामलाल मारकण्डा ने अधिकारियों से जिले में लम्बित विकास कार्यों को गति देने में सहयोग का आहवान किया और सरकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार पर बल दिया

लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप माइ गोव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं